प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि भारत अर्थव्यवस्था रक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों सहित सभी स्तरों पर दुनिया में एक उभरती शक्ति है उन्होंने मीडिया से देश की विशेष पहचान बनाने का भी आग्रह किया

चाहे साइंस हो टैक्नोलॉजी हो इनोवेशन हो स्पोर्ट्स हो उसी प्रकार दुनिया में भारत की आवाज बुलंद करने के लिए हमारा मीडिया भी वैश्विक पहुंच बनाए वैश्विक पहचान बनाए ये समय की मांग है मुम्बई में सर्जिंग इंडिया विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि चार वर्ष पहले किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि भारत एक साथ कई उपग्रहों को छोड़ने का विश्व रिकार्ड बना लेगा और अब गगन यान पर काम चल रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार सदियों से प्रगति में बाधक चुनौतियों का स्थाई समाधान निकालने और उन्हें खत्म करने पर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा ऋण न चुकाने वाली कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उन कम्पनियों और उनके मालिकों को कुछ विशेष लोगों का संरक्षण मिला हुआ था बाइट जब ये कंपनियां बीमार पड़ती थीं घाटे में चली जाती थीं बैंकों का पैसा नहीं लौटा पाती थीं तो इन कंपनियों को कुछ नहीं होता था

प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो गया

आज दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धाजंलि देने के साथ कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी तथा सदन के वर्तमान सदस्य रह राम कुमार वर्मा के निधन की सूचनाएं रखी और श्रद्धाजंलि दी

श्री तिवारी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विकास के लिये उल्लेखनीय कार्य किये जिससे समाज के सभी वर्गो को लाभ हुआ उनकी सेवाओं के लिये उन्हें हमेशा याद किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि रामकुमार वर्मा भाजपा के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे

विधान परिषद में केन्द्रीय संसदीय कार्य रसायन और उर्वरक मंत्री रहे अनन्त कुमार और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धाजंलि देने के बाद सभापति रमेश यादव ने सदन की कार्यवाही कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित कर दी इससे पहले सुबह विधानमंडल सत्र के सीमित अवधि कुल चार दिन तक रखने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के समक्ष धरना दिया सपा के सदस्यों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया वह सदन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति का कलाकारों ने जोरदार स्वागत किया अवलोकन के बाद राष्ट्रपति दम्पत्ति ने ताजमहल की भूरि भूरि प्रशंसा की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

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़क परिवहन में सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिये ओवर लोडिंग से बचने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छता का संकल्प आज जन आन्दोलन बन गया है श्री मौर्य ने वाहन चलाते समय लोगों से सीट बेल्ट और हेलमेट के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिये केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पिछले महीने बीस तारोख से शुरू हुये नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का आज समापन हो गया इस दौरान महिलाओं के साथ शिक्षा स्वरोजगार स्वास्थ्य एवं पोषण स्वच्छता और स्रक्षा जैसे विषयों पर सीधा संवाद स्थापित किया गया गत इक्कीस से छब्बीस नवम्बर तक राज्य में आठ सौ बीस विकासखंडों पर नारी सशक्तिकरण दूतों को प्रशिक्षित किया गया अभियान के दौरान पांच हजार से अधिक नारी शक्ति शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें पांच लाख सत्तावन हजार से अधिक महिला लाभार्थियों ने भाग लिया समापन के आखिरी दिन आज नारी स्वावलम्बन सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिसमें बाल पुष्टाहार और आयरन की गोलियों का वितरण वित्तीय साक्षरता प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तथा आत्मरक्षा के बारे में महिलाओं को जानकारी देकर जागरूक किया गया मेरठ में विकास भवन में आयोजित इस संकल्प अभियान में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम और जिलाधिकारी अनिल ढींगरा सहित अन्य अधिकारियों ने महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी साथ ही महिलाओं से सीधा संवाद स्थपित कर योजनाओं का फीडबैक भी प्राप्त किया बलरामपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं से उनके लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई जनपद में अभियान के दौरान घर घर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया बरेली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये नई पहल की गई है जिसमें मनरेगा के तहत सिर्फ महिलाओं का ही काम दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा कराये जा रहे इन कामों को पिंक वर्क नाम दिया गया है इन महिलाओं के बच्चों के लिये कार्यस्थल पर पालना और खिलौनों की भी व्यवस्था की गई है

यह उपग्रह भारतीय क्षेत्र के ऊपर केयू बैंड के उपभोक्ताओं को बेहतर संचार क्षमता उपलब्ध करायेगा

केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की योजना के जरिये राज्यों की मदद करेगी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शोरगुल के बीच प्याज और आलू उगाने वाले किसानों को दुर्दशा को लेकर कुछ सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की बुलन्दशहर हिंसा के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्तों में से आज दो और सचिन उर्फ कोबरा तथा जौनी चौधरी को पुलिस की एसटीएफ शाखा ने गिरफ्तार कर लिया इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या अब बीस हो गई है मुख्य आरोपी योगेश राज अभी भी फरार है जिसको पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा दबिश देने और कुर्की करने तथा इनाम घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है तीन दिसम्बर को हुई गौ अवशेषों से भड़की इस हिंसा में सत्ताईस नामदज तथा पचास साठ अन्य के खिलाफ बुलन्दशहर के स्याना थाने में मुकदमा दर्ज है